धान खरीदी चक्काजाम कोंडागांव जिले के किसानों ने धान खरीदी केन्द्रों में बारदानों की कमी और खरीदी में आ रही समस्याओं के विरोध में आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया इससे पहले कल किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग तीस पर पिपरा के पास प्रदर्शन किया था इस दौरान एसडीएम द्वारा किसानों की समस्याएं दूर करने का लिखित आश्वासन देने के बाद यह चक्काजाम खत्म किया गया लेकिन आज एक बार फिर किसानों ने खरीदी केन्द्रों में अव्यवस्था पाए जाने के विरोध में केशकाल के विश्रामपुरी चौक के पास धरना प्रदर्शन किया प्रदेश के और भी कुछ स्थानों से किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की खबरें मिली हैं इस बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी के दौरान किसानों को आ रही समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने आज खाद्य सचिव से इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा की इसके बाद खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने आज मंत्रालय में बैठक लेकर धान खरीदी और उपार्जन केन्द्रों में बारदाने की उपलब्धता की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को किसानों की असुविधा का निराकरण करने के निर्देश दिए खाद्य सचिव ने धान खरीदी केन्द्रों में जरूरत के मुताबिक बारदाना उपलब्ध कराने को कहा उन्होंने कहा है कि खरीदी केन्द्रों में लाए गए धान की तौलाई और एन्ट्री का काम परसों बीस फरवरी तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए मुख्यमंत्री अमेरिका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय का भ्रमण किया इस दौरान उनके साथ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद थे इसके बाद मुख्यमंत्री संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी अभियान के कार्यक्रम में भी शामिल हुए इस अवसर पर भारत के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन के साथ मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में चल रही आर्थिक तथा औद्योगिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की इसके अलावा मुख्यमंत्री न्यूयार्क स्थित भारतीय वाणिज्य द्रतावास में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए कार्यक्रम में श्री बघेल ने कहा कि शिवाजी के नारी सम्मान के कार्यो तथा गुरू और माता के आदेशों का पालन सहित देश के लिए उनके त्याग से हमें सीख लेनी चाहिए ई लाईब्रेरी उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से प्रदेश के सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों को ई लाईब्रेरी की सुविधा दी जाएगी इसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है उच्च शिक्षा मंत्री ने आज रायपुर स्थित दुर्गा महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में यह बात कही उन्होंने कहा कि ई लाईब्रेरी में विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए सुझाव प्राप्त होने पर इसे और बेहतर बनाया जाएगा

यह मुठभेड़ किस्टारम इलाके में पालोड़ी के पास हुई सुरक्षा बलों का दल माओवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान चला रहा था घायल दोनों जवान सीआरपीएफ की दो सौ आठ कोबरा बटालियन के हैं वहीं बीजापुर जिले के बासागुड़ा इलाके में स्थित तर्रेम के जंगलों से पुलिस ने दो स्थायी वारंटी सहित सात माओवादियों को गिरफ्तार किया है इधर दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाया गया विस्फोटक बरामद किया है करीब डेढ़ किलो वजनी यह विस्फोटक पोटाली कैम्प के पास एक क्षतिग्रस्त आश्रम में लगाया गया था

राज्य सरकार के इस निर्णय के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है कलेक्टरों से कहा गया है कि इन स्कूलों के लिए नए भवन का निर्माण नहीं किया जाना है बल्कि वर्तमान में संचालित स्कूलों के भवनों में ही यह स्कूल संचालित किए जाएंगे डॉक्टर शुक्ला ने कलेक्टरों को इस संबंध में स्कूलों का चयन कर एक सप्ताह के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं

इस योजना का उद्देश्य किसानों को हर दो वर्ष में उनके खेतों की मिट्टी की जांच करके पूरी जानकारी देना है जिससे वे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर कर सकें वर्ष दो हजार पंद्रह में योजना की शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि किसानों के उत्पाद तभी अच्छे होंगे जब उनके खेतों की मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी छत्तीसगढ़ में भी स्वाइल हेल्थ कार्ड जिसे मिट्टी परीक्षण कार्ड भी कहा जाता है किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की विविधता में एकता और राष्ट्रीय भावना को सशक्त बनाना है इसी कड़ी में कोरबा के केंद्रीय विद्यालय में गुजरात से आए हुए विद्यार्थी अपने प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के साथ साझा कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य नागमणी ने बताया कि इस अभियान के तहत हर दिन सुबह प्रार्थना के समय सभी विद्यार्थी गुजराती भाषा में स्वच्छता की शपथ लेते हैं

एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अहमदाबाद के होटल प्रबंध संस्थान के विद्यार्थियों का एक दल इन दिनों रायपुर प्रवास पर है अपने प्रवास के दूसरे दिन इन विद्यार्थियों ने आज भी गुजराती व्यंजनों को बनाने की विधि का प्रदर्शन किया

आयकर छापा कवर्धा शहर के तीन निजी अस्पतालों में आज आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की जानकारी के मुताबिक कर चोरी की शिकायत मिलने पर आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने इन अस्पतालों में दबिश दी अंतिम समाचार लिखे जाने तक अस्पतालों में आयकर की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही थी निलंबन कार्रवाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गुणवत्ताविहीन चावल वितरित करने की शिकायत सही पाए जाने पर स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की वाइफनगर के शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है इसके अलावा नागरिक आपूर्ति निगम बलरामपुर के जिला प्रबंधक का तबादला कर दिया गया है वहीं नागरिक आपूर्ति निगम के गुणवत्ता निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इसी तरह कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर स्थित राजस्व निरीक्षक मण्डल पटना के पटवारी पुष्पराज चौहान को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है इस पटवारी पर धान खरीदी में रकबा सत्यापन जैसे कार्यो में लापरवाही बरतने का आरोप है

स्थानीय जनपद पंचायत के सभागार में आयोजित इस समारोह में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुरली शर्मा ने अध्यक्ष प्रेमलता साहू और उपाध्यक्ष कल्याण साहू सहित अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई वहीं जिले के ही डौंडीलोहारा जनपद पंचायत में भी आज अध्यक्ष जागृत सोनकर और उपाध्यक्ष पोषण बनपेला के साथ अन्य सदस्यों ने शपथ ली